राजधानी भोपाल में केवल पांच दिन बाजार खुलेंगे शनिवार रविवार रहेंगे बंद

महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में मानसून पहॅचा प्रदेश में कई जगह मानसून पूर्व की बारिश अनूपप्र में बिजली गिरने से पांच लोगों की मौत कोरोना बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकमण के संबंध में चेतावनी दी है कि जरा सी भी असावधानी इसे और बढ़ा सकती है उन्होंने कल वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टरों से जिलों में पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ आईडेंटिफाई आइसोलेट टेस्ट और ट्रीटमेंट की आईआईटीटी रणनीति पर काम करने को कहा श्री चौहान ने पूरे प्रदेश में फीवर क्लीनिक को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया उन्होंने वल्लभ भवन के एक कर्मचारी की कोविड से मृत्यू के मामले में दोषियों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये

भोपाल बाजार राजधानी भोपाल में अब सप्ताह में पांच दिन बाजार खुलेंगे शनिवार और रविवार को बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे गृह और स्वास्थ मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन के बाद नये मामलों में वृद्धि को देखते ये फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि अब पूरे प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है और राजधानी भोपाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इसी सिलसिले में भोपाल जिले की समीक्षा बैठक में बाजारों को खोलने के बारे में ये फैसला किया गया

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सरपंचों और पूर्व सरपंचों से वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए इस राशि का समुचित उपयोग करने को कहा है

पंचायत प्रतिनिधियों को इससे निपटने के लिए भेजी गयी राशि का उपयोग मास्क साफ सफाई साबुन सेनेटाइजर पीपीई किट आदि करने की सलाह दी

जिसका उपयोग गुणवत्तापूर्ण कार्यो में किया जा सकता है

राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के बाद यह वस्तु और सेवाकर की पहली बैठक होगी बैठक में राजस्व में कमी और राज्यों को प्रतिपूर्ति के बारे में विचार विमर्श की उम्मीद है मार्च में पिछली बैठक में वित्तमंत्री ने कहा था कि केन्द्र मुआवजे संबंधी जरूरतों के लिए जीएसटी परिषद के बाजार से उधार लेने की वैधानिकता पर विचार करेगा आज की बैठक में वस्तु और सेवाकर लागू किए जाने के कारण राज्यों को हई राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के लिए धनराशि जुटाने के उपायों पर विचार होने की आशा है

जबकि तीन मरीज स्वस्थ होकर घर र्लोट गये

उज्जैन में एन्टी बाडी की जांच के लिए आर्डीगार्डी मेडिकल कॉलेज में नई मशीन स्थापित की गई है

ईपीएफओ पेंशनधारक कर्मचारी भविष्या निधि संगठन ने अपने पेंशनधारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तृत करने की सुविधा मुहैया कराने के लिये सामान्य सेवा केंद्रों के साथ समझौता किया है

कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशनधारकों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पडता है

मंत्रालय ने बताया कि ईपीएफओ पेंशनधारी अपनी सुविधा के अनुसार वर्ष में किसी भी समय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा इससे पहले पेंशनधारकों को नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पडता था मौसम मानसून कल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पहॅच गया है इसके चलते अब प्रदेश में कई जगहों पर मानसून पूर्व की बारिश हुई है

अनूपपुर जिले के मोहरी गॉव में कल तेज आधी तूफान के साथ बारिश हुई बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े पांच लोगों की बिजली गिरने से मृत्यु हो गयी मंडला से भी तेज हवाओं के साथ बारिश की खबर है राजधानी सहित कई जिलों में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी हैं

अब क्छ समाचार संक्षेप में खंडवा जिले में प्रतिबंधात्मक आदेशों में छूट देते हुए होटल और रेस्तरा खोलने के आदेश जारी किये गये हैं मुफ्ती ए आजम मध्यप्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद ने जबलपुर में कहा कि मुस्लिम धर्मावलबियों को लाकडाउन खत्म होने के बाद मस्जिदों में नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए खरगोन जिला स्वास्थ्य समिति ने गर्भवती माताओं में से अधिक जोखिम वाली महिलाओं का चिन्हांकन कर उन्हें समय पर अस्पताल पहुँचाने का फैसला किया है

सागर कलेक्टर द्वारा किसानों के उपार्जन की समस्या को देखते हुए पोर्टल का समय बढ़ाने का आग्रह किया गया था